पटना आर्ट कॉलेज में तीन पक्षी फिर मरे चार दिनों तक कॉलेज बंद

और प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत नहीं

बिहार विधान मंडल का बजट सत्र ग्यारह फरवरी से शुरू हो रहा है यह सत्र बीस फरवरी तक चलेगा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार विधानमंडल का बजट सत्र छोटा रखा गया है बजट सत्र के दौरान कुल सात बैठकें होगी पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी जायेगी बारह फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए बजट और तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा तेरह फरवरी को राज्यपल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा जबकि चौदह फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसे पारित कराया जायेगा पटना आर्ट कॉलेज में तीन और पक्षी मृत पाये गये हैं इसके पूर्व में कॉलेज में छह पक्षी मरे हुए पाये गये थे आर्ट कॉलेज में पक्षियों की लगातार हो रही मौत से बर्ड फ्लू के वायरस फैलने के संकेत मिले हैं एहतियात के तौर पर चार दिनों के लिए कॉलेज बंद कर दिया गया है पशुपालन विभाग की टीम ने कॉलेज कैंपस में पहुंच कर मरे हुए पक्षियों को नमूना जांच के लिए एकत्र किया पशुपालन विभाग की टीम आज भी कॉलेज का दौरा करेगी आर्ट कॉलेज के प्राचार्य अजय पांडेय ने कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है इसलिए कॉलेज को पांच जनवरी तक बंद कर दिया गया है वहीं पटना चिड़ियाघर भी फिलहाल बंद रहेगा चिड़ियाघर के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव जारी है इस बीच उप मुख्यमंत्री सह वन और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में बर्ड फ्लू नियंत्रण में है और मनुष्यों में संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है प्रदेश में मौसम का आकलन करने के लिए चार सौ स्वचालित वर्षामापक यंत्र लगाया जायेगा इस पर चौंतीस करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जायेगी सभी प्रखंडों में स्वचालित वर्षामापक यंत्र लग जाने से राज्य मुख्यालय स्तर पर सभी जगहों के वर्षा के सटीक आंकड़े स्वतः प्राप्त हो जाएंगे राज्य मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जायेंगे राज्य मंत्रिमंडल ने पच्चीस मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अरब अठहत्तर करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल बारह प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई बिहटा से औरंगाबाद के बीच नई रेल लाईन के निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो सकता है रेल मंत्रालय ने पंडिल दीनदयाल जंक्शन से झाझा के बीच लगभग तीन सौ साठ किलोमीटर द्री तक तीसरी रेल लाईन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है आने वाले बजट में इस रेल खंड के निर्माण की विधिवत घोषणा किये जाने की संभावना है पटना उच्च न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव को जेल में वीआईपी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में जेल अधीक्षक को पूर्व में दी गयी राहत को निरस्त कर दिया है कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को तीन माह के अंदर मौखिक साक्ष्य लेकर प्ररा करने का अंतिम आदेश जारी करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने अंतिम फैसला होने तक इन्हें सेवा से बाहर रहने का भी आदेश दिया है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बेगूसराय के पूर्व एडीएम ओम प्रकाश प्रसाद और नगर परिषद के प्रधान लिपिक उमाशंकर प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है पिछले साल सत्रह नवम्बर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये एडीएम और प्रधान लिपिक के संपत्ति की जांच होगी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है न्यूनतम पारे में गिरावट के कारण सुबह और शाम में कनकनी बढ़ जाने से लोगों को तेज ठंड महसूस हो रही है हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल सुबह शाम ठंड की स्थिति बनी रहेगी मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है सिखों के दसवें गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है प्रकाशोत्सव पर्व के लिये देश विदेश से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिये टेंट सिटी और लंगर की व्यवस्था की जा रही है गुरू पर्व को लेकर शहर की साफ सफाई और लाईटिंग की व्यवस्था दुरूस्त की जा रही है श्रद्दालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही कंगन घाट पर वाच टावर और सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंगल तालाब स्थित सामुदायिक भवन में जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह ग्यारह से तेरह जनवरी तक होगा राज्य में बिजली की नयी दरे तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है विद्युत विनियामक आयोग बिजली कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर चौबीस जनवरी से पांच फरवरी तक पटना सहित पांच प्रमंडलों में जन सुनवाई शुरू करेगा इस दौरान आम उपभोक्ताओं किसानों कारोबारियों और सेक्टर से जुड़े प्रबुद्ध लोगों से परामर्श किया जायेगा फरवरी के आखिरी सप्ताह में नयी दरें घोषित होंगी जो पहली अप्रैल से प्रभावी हो जायेगी

परीक्षा दो पालियां में सुबह दस बजे और दोपहर दो बजे से आयोजित होगी प्रदेश के सरकारी अनुदानित और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मार्च में आयोजित की जायेगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये कूच बिहार अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को एक पारी और एक सौ अठहत्तर रनों से हरा दिया प्रतियोगिता में चार जीत के साथ अठाईस अंक लेकर बिहार तालिका में दूसरे स्थान पर है देहरादून में सम्पन्न प्रथम इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कराटे में पटना की स्कूली टीम बारह पदक जीतकर जूनियर बालिका वर्ग में चैम्पियन बनी है कटक में चार से नौ जनवरी तक होने वाली अस्सीवीं सीनियर नेशनल टेबुल टेनिस प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है वर्तमान राज्य चैम्पियन पीयूष दिलीप गांधी टीम के कप्तान बनाये गये हैं शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की उनतीसवीं प्रण्यतिथि के अवसर पर आज पटना में एक दिवसीय थ्रो बॉल चैम्पियनशिप का आयोजन होगा प्रतियोगिता में पांच टीमें भाग लेगी आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने राफेल विमान सौदे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार को अपनी पहली सुर्खी बनाया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने लिखा है राफेल बहसः लोकसभा में मैं सच्चा तु झुठा का माहौल अखबार की एक अन्य खबर है विधान मंडल का बजट सत्र ग्यारह फरवरी से दैनिक जागरण का शीर्षक है नालंदा में राजद नेता की हत्या से भड़की भीड़ ने दो लोगों को पीट कर मार डाला अखबार की एक अन्य खबर है विजया व देना बैंक का विलय दैनिक भास्कर की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छियानवे दिन बाद महिला प्रवेश सबरीमालाः दो महिलाओं ने की पूजा एक घंटे श्रद्धिकरण के बाद खोला मंदिर प्रभात खबर का शीर्षक है लोकसभा में राफेल डील पर रार जेपीसी से सरकार ने किया इंकार

पटना आर्ट कॉलेज में तीन पक्षी फिर मरे चार दिनों तक कॉलेज बंद

और प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत नहीं